उस दिन उन्होंने प्रार्थना सभा के बाद रेडियो के माध्यम की ताकत और अपने अनुभवों की चर्चा की थी

सरकार ने कोविड महामारी के दौरान छोटे उद्योगों को और व्यक्तिगत ऋण लेने वाले लोगों को किश्त चुकाने में छह महीने की स्वैच्छिक छूट देने का प्रावधान किया था सरकार को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेने का प्रावधान करने के लिए संसद से अनुमति लेनी होगी और इससे छोटे उद्योगों को तीन दशमलव सात लाख करोड़ रुपये की मदद मिलेगी

वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा है कि सरकार ने छह महीने की स्वैच्छिक छूट की अवधि में छोटे ऋण लेने वाले लोगों पर चक्रवृद्वि ब्याज माफ करने का फैसला किया है छोटे ऋण लेने वालों को आठ श्रेणियों में बांटा गया है इनमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग शिक्षा आवास उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्रेडिट कार्ड भुगतान वाहन वैयक्तिक और उपभोग ऋण शामिल हैं

श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में कौशल विकास वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर जोर दे रही है प्रधानमंत्री ने कल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के वस्त्र परंपरा पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर के उत्पाद के लिए हम बुनकरों की मदद कर रहे हैं इसके लिए वैश्विक तकनीक और प्रक्रिया अपनाई जा रही है उन्होंने कहा कि वेबिनार में विचारों के आदान प्रदान के नए रास्ते खूलेंगे

श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि नए कृषि और श्रम सुधार कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनेक लाभ होंगे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की आजादी देता है इससे किसान बेहतर मूल्यों पर अपने उत्पाद अन्य राज्यों में भी बेच सकेंगे श्री गंगवार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी हटाए जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि एमएसपी पर खरीद पहले की तरह जारी रहेगी

श्री चौधरी सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी में कल कृषि सुधार की दिशा में पारित विधेयक के समर्थन में जनजागरण अभियान को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किसानों और व्यापारियों से संवाद कर उन्हें नए प्रावधानों की जानकारी दी जानी चाहिए

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया

चुनाव आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में मतदाताओं ने पहले चरण के मुकाबले कहीं ज्यादा जोश और उत्साह के साथ मतदान किया

आयोग के अनुसार छुट पुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ हालांकि धौलपुर जिले में सैंपउ तहसील की वराह ग्राम पंचायत में चुनाव परिणाम के बाद पराजित हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने उपद्रव किया और कुछ वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया हैं गौरतलब है कि दूसरे चरण की ग्राम पंचायतों में उपसरपंच के आज चुनाव होंगे

कल एक ही दिन में दो हजार तीन मरीज स्वस्थ हुए

इस बीच कोरोना जनजागरण अभियान की कल से प्रदेश के विभिन्न जिलों में शुरुआत हुई

उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जानी चाहिए

इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा पांच विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया कि परीक्षार्थियों और आमजन की सुविधा के लिये अलवर और जयपुर हनुमानगढ तथा जयपुर के बीच रेल सेवाये संचालित की गई है इसी तरह जयपुर से श्रीगंगानगर तथा जयपुर से उदयपुर सिटी के लिये विशेष रेलों का संचालन किया गया है